उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा सरकार का सभी उपखंडों में राजकीय महाविद्यालय खोलने का प्रयास

प्रदेश में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी से सर्दी का असर कम होता जा रहा है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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

उन्होंने कहा कि यह बजट कोविड की स्थिति से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था के विकास में आवश्यक प्रोत्साहन देगा लोकसभा में आज आम बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने चुनौतियों को अवसर में बदलने का काम किया और अर्थव्यवस्था के दीर्घ अवधि के विकास के लिए कई कदम उठाए वित्त मंत्री ने कहा कि नये कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष भ्रामक प्रचार कर रहा है उन्होंने कहा कि नये कानून लागू होने के बाद देश में कोई भी क्रषि मंडी बंद नहीं हई है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने गरीबों किसानों छोटे और मध्यम व्यापारियों के कल्याण के लिए भी कदम उठाए हैं श्रीमती सीतारामन ने कृषि सुधार कार्यक्रमों पर कांग्रेस पार्टी के यू टर्न लेने की कडी आलोचना की

कल लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कोरोना के खिलाफ लडाई में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को इस महीने की दो तारीख से कोविड टीका देना शुरू कर दिया गया है उन्होंने बताया कि स्वास्थ्यकर्मियों तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीका देने के बाद अन्य श्रेणियों के लोगों को कोविड टीका लगाने पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल फैसला लेगा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

उन्होंने बताया कि शेष रहे ऐसे आठ उपखंड भी राजकीय अथवा निजी महाविद्यालय खोलने की प्राथमिकता में हैं इसी तरह दूसरी प्राथमिकता में ऐसे उपखंड हैं जहां सरकारी महाविद्यालय नहीं हैं

सदन में प्रश्नकाल के दौरान तकनीकी शिक्षा मंत्री की ओर से जवाब में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि कॉलेजों में शिक्षकों की कमी है और इसलिए गेस्ट फैकल्टी का प्रावधान है एक अन्य प्रश्न में हस्तक्षेप करते हुए श्री जोशी ने सरकार को सुझाव दिया कि ऐसे पटवारियों का मुख्यालय तय किया जाना चाहिए जिनके पास दो या दो से अधिक हलकों का अतिरिक्त प्रभार है उन्होंने कहा कि सरकार इस बारे में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित करे ताकि लोगों को सुविधा मिल सके

आकाशवाणी से बातचीत में श्री सिंघवी ने कहा कि राज्य में एक से बढ़कर एक गंभीर घटनाएं हो रही हैं

दुनिया भर में आज विश्व रेडियो दिवस मनाया जा रहा है

इस साल के विश्व रेडियो दिवस का विषय है नई दुनिया नया रेडियो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि उन्होंने हर महीने आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के लिए रेडियो के सकारात्मक प्रभाव का व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेडकर ने विश्व रेडियो दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं

रेडियो ने कोविड महामारी के मुश्किल दौर में भी अच्छी सेवा दी हैं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में कवयित्री सरोजनी नायड् को याद करते हुए कहा कि हमें भारतीय महिला स्वाधीनता सेनानियों के बलिदान को याद करना चाहिए महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने इस मौके पर कहा कि सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढाओ के संदेश को आगे बढाते हुए जनजागरण का वातावरण तैयार किया है

बुंदी में जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में सराहनीय कार्ये करने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया

साथ ही सार्वधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया

भरतपुर में इस मौके पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय कुम्हेर में भी उनकी जयंती मनाई गई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर उन्हें श्रृद्धांजलि अर्पित की है